शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज विपक्षी दल कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन से वाकआउट किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में विपक्ष के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि धमकी देना मेरा स्वभाव नहीं है और कांग्रेस चार्जशीट ले आए तो भी कोई परेशानी नहीं है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता नहीं पीढ़ी बदलाव हुआ है और सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है जयराम ठाकुर ने विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा किए गए वॉकआऊट पर दुख जताते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा चार्जशीट लाने पर उसकी जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा रामदेव को जमीन लीज पर देने के लिए लीज नियम पूर्व कांग्रेस सरकार के ही लागू किए गए हैं इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने स्कूली विद्यार्थियों को वर्दी न मिलना योग गुरू बाबा राम देव को ज़मीन देनेइलैक्ट्रॉनिक बसों की खरीद में घोटाला और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठा कर सरकार को घेरने की कोशिश की

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विपक्ष को धमकाने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर विधानसभा आए हैं और उन्हें भी बोलने का पूरा अधिकार है अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई विज़न नहीं है केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है

इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने और सत्र का सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित करने का आग्रह किया पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उन्हें रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया

बिंदल ने कहा कि इसके अतिरिक्त तीन सरकारी विधेयकों पर भी चर्चा होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज धर्मशाला में प्रस्तावित रैली स्थलों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली का नेतृत्व करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण और पंचायत स्तर पर अनेक प्रतिभाएं मौजूद हैं जिन्हें इसके माध्यम से मंच मिला है उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने पर आगामी पांच वर्ष में एक करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार बर्फबारी के चलते जिले में ठंड बढ़ती जा रही है और कई हिस्सों में पेयजल पाईपों के जमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री कम दर्ज किया गया